आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसका पालन न होने पर संबद्व अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए शुरू किए गए सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से हलफनामे सहित नामांकन संबंधी अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की नई व्यवस्था लागू की है उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रकिया को पारदर्शी बनाते हुए उम्मीदवारों के हलफनामे वैबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करने की प्रकिया में होने वाली देरी से बचना है

वहीं चुनाव आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों से मतदान केन्द्रों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रही है वे आज मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के देवधार में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई उंचाईयों को छुआ है और केन्द्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं से प्रदेश के भी लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं मुख्यमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में आयाराम गयाराम जैसी राजनीति उचित नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे प्रचलन से राजनीतिज्ञों के बारे में समाज में बुरा संदेश जाता है

जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज नाहन निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेतृत्व में सिरमौर जिला विकास की ओर अग्रसर है सुरेश कश्यप ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप भी लगाया इस मौके वरिष्ठ भाजपा नेता व विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि देश को आज एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा है कुल्लू स्वीप लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए कुल्लू जिले में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत एक अभियान चलाया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने बताया है कि अभियान के तहत दूरदराज क्षेत्रों के मतदाताओं से पोस्ट कार्ड के माध्यम से मतदान की विशेष अपील की जाएगी

इधर स्वीप कार्यकम के तहत कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशालाओं धाली व पदेची में विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान की जानकारी दी गई स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा ने विद्यार्थियों का आइवान किया कि वे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र में चार कर्मचारी और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी

किलोड़ जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने चंबा कुंडी चंबा लिल्ह और चंबा बटोत मार्गो पर जल्द बस सेवा बहाल करने की प्रशासन व सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि इन मार्गों के बंद होने से विभिन्न पंचायतों के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ललित ठाकुर ने आज इस संबंध में राज्यपाल को एक पत्र भी भेजा है